राष्ट्रपति के आगमन की तैयारी में राज्य सरकार सहित जिला प्रशासन जुटा हुआ है राष्ट्रपति यहां न्यायिक अकादमी में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे

इसके फलस्वरूप सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर तीन हजार के पार पहुंच गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए भोपाल इंदौर के साथ साथ महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिये हैं

इसे बढ़ाकर सीएचसी पीएचसी सब सेंटर्स स्तर पर ले जाएंगे

उन्होंने बुधवार देर शाम सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा है कि प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों में कोरोना के निःशुल्क टीके लगाए जा रहे हैं

उन्होंने कहा कि हमें कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टीका लगवाने के साथ साथ पूरी सावधानियां भी बरतनी चाहिए रेलवे विश्राम गृह रेल मंत्रालय ने क्षेत्रीय रेल मंडलों को रेलवे स्टेशनों पर विश्राम गृहों के कमरों को फिर से खोलने पर निर्णय लेने की अनुमति दे दी है इसके लिए स्थानीय परिस्थतियों को देखते हुए सरकार द्वारा जारी कोविड दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा इस सुविधा को कोविड महामारी फैलने के बाद घोषित किए गए लॉकडाउन के समय बंद कर दिया गया था

यह मैच सुबह साढ़े नौ बजे से शुरू होगा

वहीँविश्व टेस्ट चौंपियनशिप के फाइनल में जगह पक्की करने के लिए भारत को इस मैच में जीत या एक ड्रॉ की जरूरत है

मुद्रणालय की शासकीय चल संपत्ति संभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर अन्य शासकीय कार्यालयों में संभव होने की स्थिति में हस्तांतरित की जायेगी शेष परिसंपत्तियाँ निविदा के माध्यम से विक्रय की जायेंगी इसके अलावा मुद्रणालय परिसर की भूमि का स्वामित्व राजस्व विभाग के अधीन रहेगा

मुक्केबाजी छह बार की विश्व चौंपियन भारत की एमसी मैरीकॉम स्पेन के कास्टेलॉन में बॉक्सम एलिट अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी ट्र्नामेंट के महिला वर्ग के सेमीफाइनल में पहंच गई है इसके साथ ही मैरीकॉम ने भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है

यह टीका भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के सहयोग से विकसित किया है

कटनी में आगामी नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव को देखते हुए कल मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण आयोजित किया गया

संगोष्ठी में वक्ता के रूप में नेताजी के भतीजे चंद्र कुमार बोस भी शामिल होंगे